हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार हवाई अड्डे से एक शटल सर्विस का शुभारंभ किया और उड्डयन प्रशिक्षण संगठन का उदघाटन किया उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वितमंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में परसों तक सीबीआई हिरासत में रखने का आदेश दिया है इंडियन नैशनल लोकदल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पार्टी के चार विधायकों द्वारा दल बदलने के लगभग एक साल बाद इस्तीफा देना प्रजातंत्र के साथ धोखा है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र पंजाब और हरियाणा को सतल्ज यमुना लिंक नहर का मुद्दाआपसी बातचीत से हल करने के लिए चार महीनें का समय दिया है आज उच्चतम न्यायालय में सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सुनवाई हुई शीर्ष न्यायालय ने आज फिर दोहराया कि इस मामले का हल बातचीत से निकाला जाये नहीं तो उनको उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार करना पड़ेगा काबिलेगौर है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले भी पंजबा और हरियाणा को यह सलाह दी थी कि एसवाईएल नहर का मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाये हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों राज्य अभी तक इस मुद्दे पर अपने अपने स्टेंड पर अड़े हुये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार स्थित हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से एयर शटल सर्विस व फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का श्रभारंभ किया इसके साथ ही यहां से विमान ने पहली उड़ान भरी जिसमें सवार होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले यात्री बने इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आज का दिन केवल हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के लिए भी ऐतिहासिक है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्वप्र के हिसार की धरती से साकार होने की बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा करने का अवसर मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार से चंडीगढ़ के बीच अभी प्रतिदिन दो दो उड़ानें शुरू की गई हैं जो नियमित रूप से चलेंगी

हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवाओं की बुकिंग शुरू करवा दी जाएगी

उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली देहरादून व जम्मू की हवाई सेवाएं भी यहां से जल्द शुरू की जाएंगी जिनके लिए अनुमति मिल चुकी है उन्होंने बताया कि आगामी कुछ वर्षों में हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित किया जायेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पून पूंजीकरण को केनद्र सरकार और एलआईसी द्वारा एकमुश्त धनराशि लगाने को मंजूरी दे दी है और आईडीबीआई और एलआईसी दोनों को मदद मिलेगी यह कदम बैकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है मंत्रिमंडल के फैसलों पर नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हये सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा िक आईडीबीआई आसान ऋण मोटर वाहन ऋण आदि सभी सुविधाओं को फिर से शुरू करेगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस साल दिसम्बर से एक एक साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों इथेनोल की आपूर्ति के लिए इसकी कीमत में संशोधन के लिए तंत्र को मंजूरी दी है पत्रकार वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा किसानों की आय दोग्णा करने की कोशिश की है उन्होंने कहा कि चीनी और गन्ने के रस से उच्च ग्णवता वाले उत्पाद बनाये जायेंगे चीनी उयोग का अपना ध्यान इथेनॉल की ओर लगाना चाहिए

शीर्ष अदालत ने उनके वकील से कहा कि वे परसो तक अंतरिम ज़मानत याचिका के लिए दवाब न डाले निचली अदालत में यह याचिका दायर की गई जिस पर आज सुनवाई होनी थी न्यायाधीश आर बानुमती और ए एस बोपना की पीठ ने कहा कि वह परसो चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उनहोंने अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और निचली अदालत को उनको हिरासत में लाने के आदेशों को चुनौती दी है शुरूआत में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश होकर शीर्ष अदालत के कल के आदेश को वापिस लेने की मांग की उन्होंने कहा कि आदेशों के आधार पर चिदम्बरम ने वकील ने निचली अदालत के समक्ष अंतरिम याचिका दायर की थी अधिवक्ता मेहता की दलीले सुनने के बाद पीठ ने कहा कि निचली अदालत के समक्ष अंतरिम ज़मानत याचिका पर परसो सुनवाई होगी और उच्चतम न्यायालय भी चिदम्बरम की याचिका पर उसी दिन सुनवाई करेगा

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर दिल्ली और चंडीगढ़ भी शामिल है